राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि जागरुकता से समाज में बाल विवाह रोके जा सकते हैं

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित

नई दिल्ली स्थित एम्स को ढाई करोड रुपये का प्रथम और चण्डीगढ पीजीआई को डेढ करोड़ रुपये का द्वितीय पुरस्कार दिया गया केन्द्रीय लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिया पटेल भी उपस्थित थीं प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक विश्वनाथन और अस्पतालों की टीम ने पुरस्कार ग्रहण किया स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन और मनोज झालानी भी इस मौके पर उपस्थित थे राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज सीहोर जिले के ग्राम झरखेड़ा में पाटीदार समाज द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हई

इस अवसर पर श्रीमती पटेल ने बाल विवाह को कुप्रथा बताते हुए कहा कि बाल विवाह अभिशाप हैं ऐसे विवाह को रोकने के लिये समाज में जागरूकता पैदा करना जरूरी हो गया है उन्होंने कहा कि समाज के सामने वर वध् की उम्र की सही जानकारी होने पर बाल विवाह रोके जा सकते हैं

जातिगत भेदभाव मिटाने के लिये इस प्रकार के आयोजन सभी वर्गो के लिये अनुकरणीय हैं उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह के आयोजनों से समाज में नई जागृति आई है सामाजिक समरसता की भावना बलवती हुई है एप्को भोपाल में आज विश्व वसंधरा दिवस पर पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन एप्को द्वारा प्लास्टिक प्रदषण समाप्त करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया एप्को के पर्यावरण शिक्षा अधिकारी दिलीप चक्रवर्ती और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ महेश मिश्रा ने विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्लास्टिक प्रदषण से होने वाले दष्परिणामों के बारे में बताया प्लास्टिक एवं पॉलीथिन के दृष्प्रभावों को बताते हुए प्रतिभागियों को पॉलीथिन का उपयोग न करने का संकल्प दिलाया गया साथ ही कपडे के थैले के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये सभी प्रतिभागियों को कपड़े के थैले वितरित किये कार्यक्रम में स्लोगन प्रतियोगिता भी हई और प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय एवं ततीय प्रस्कार दिया गया

श्री यादव ने कल शहडोल जिला मुख्यालय पहंची न्याय यात्रा के तहत जनसभा को संबोधित करते हए बीजेपी पर निशाना साधा इस अवसर पर विधानसभा में विपक्ष के र्नता अजय सिंह भी मौजूद थे श्री यादव ने कहा कि देश की जनता पहले ही नोटबंदी से परेशान है अब एटीएम से नोट नहीं निकल रहे हैं उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह असफल है श्री यादव ने राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार की नीतियों की भी आलोचना की और कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी कार्यशाला राजधानी भोपाल में सिविल सर्विस डे के अवसर पर कल एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी में किया जायेगा जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय वन सेवा भारतीय पुलिस सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उपस्थित रहेगें

मध्य प्रदेश में शुटिंग करने वाले प्रतिष्ठित फिल्कारों ने भी राज्य में दी गई सुविधाओं की सराहना की वहीं बेस्ट प्रमोशनल फिल्म वर्ग में प्रदेश के फिल्म निर्देशक राजेन्द्र जांगले की फिल्म चंदेरीनामा का चयन किया गया है ये फिल्म चंदेरी साड़ी की बुनाई कला की विरासत का खूबसूरती से बखान करती है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देशक राजेश जांगले को बधाई दी है

उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालयों श्रम न्यायालयों और कृटम्ब न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन होगा इसके तहत लम्बित प्रकरणों में आपराधिक प्रकरण बैंक रिकवरी संबंधी मामले मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण श्रम विवाद सहित विभिन्न प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा अलीराजपुर हरदा खंडवा कटनी टीकमगढ़ जिलों में नेशनल लोक अदालत आयोजित होगी उमाशंकर ग्प्ता भोपाल में स्थित भोज तालाब के संरक्षण के लिए चलाये जा रहे अभियान में आज राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने सुबह एक घंटे तालाब में श्रमदान किया श्री गुप्ता ने कहा है कि नियमित रूप से श्रमदान करने से तालाब के गहरीकरण के साथ ही श्रमदानियों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा उन्होंने नगर निगम द्वारा संचालित अभियान की सराहना की साथ ही कहा कि इस प्रनीत कार्य में भोपाल के हर नागरिक को जुड़ना चाहिए आयुक्त नगर निगम प्रियंका दास ने भी नागरिकों के साथ श्रमदान किया श्रमदान में विभिन्न स्कूल कालेजों के विद्यार्थी तथा राजनैतिक एवं सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए मजदूरी इजाफा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत अक्शल श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी में दो रूपये का इजाफा किया गया है

यह दर एक अप्रैल से लाग हो गई है इस आशय की अधिसुचना भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी की है

गर्मी प्रदेश के तापमान में अचानक बढ़ोत्तरी होने से गर्मी बढ़ गई है मौसम केन्द्र भोपाल के अनुसार राजस्थान से आ रही गर्म हवाओ के चलते तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है

आज दोपहर के समय राज्य के कई स्थानों और सड़कों पर आवाजाही कम दिखायी दी

गर्मी के मौसम के चलते अलीराजपुर जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है

कटनी जिले में लाडो अभियान के जरिये तीन बाल विवाह रोकने में प्रशासन को सफलता मिली है